प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बहस्पतिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से जनता कर्फ्य की अपील की थी यह एक स्वैच्छिक अभियान है जो सुवह सात बजे से शुरू हआ और रात नौ बजे तक चलेगा इस दौरान सार्वजनिक परिवहन नहीं चल रहे हैं या कहीं कहीं सीमित तौर पर चल रहे हैं आवश्यक वस्त्ओं की बिक्री से संबंधित दुकानों को छोड़ कर सभी बाजार और दुकानें बंद हैं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय अपील में लोगों से आज जनता कर्फ्यू के दिन घरों से बाहर नहीं जाने को कहा था

इस जनता कर्फ्यू के दरभियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले न सड़क पर जाएं ना मोहल्ले में ना सोसायटी में इकर्ठे हों अपने घरों में ही रहें साथियों हमारा ये प्रयास हमारे आत्म संयम देश हित में करते हुए पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक है प्रदेश में भी स्वेच्छा से लगाया गया जनता कर्फ्यू जारी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और प्रतिष्ठान बंद हैं दवाइयों की दुकानों अस्पतालों तथा कुछ अति आवश्यक प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी बाजार दुकानें तथा अन्य संख्यान पूरी तरह बंद है यहां तक कि पेट्रोल पंपों पर भी तालाबंदी की गई है रेल मेट्रो शासकीय बसे सिटी बसें तथा अन्य किसी भी प्रकार के वाहन सड़कों पर नहीं चल रहे हैं लोगों ने जनता कर्ण्यू को स्वय अनुशासन पर्व में बदल दिया है लोग घरों में रहने की अपील करते हुए एक दूसरे को संदेश सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं लखनऊ में आए दिन व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले हजरतगंज तथा अन्य इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

समी बाजार बन्द रहे और सड़कों पर लोगों की आवाजाही न के बराबर रही पुलिसकर्मी लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे थे वाराणसी के दशाश्वमेघ घाट पर भी आज इक्का दुक्का लोग ही दिखे पूरे शहर में लोगों ने घरों में रह कर कोविड नाइन्टीन के संक्रमण से लडने का संकल्प दिखाया अयोध्या के सरयू घाट पर भी सन्नाटा रहा शहर में पेट्रोल पम्प और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहे क्शीनगर देवरिया बलरामपुर महराजगंज संतकवीरनगर बस्ती सिद्वार्थनगर आजमगढ़ मऊ बलिया अम्बेडकरनगर गोण्डा और श्रावस्ती में भी लोग स्वेच्छा से घरों से बाहर नहीं निकले और जनता कर्फ्यू को अपना समर्थन दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर लोगों ने आज शाम पांच बजे अपने घरों के दरवाजों बाल्कनी और खिड़कियों पर खड़े होकर ताली थाली और घंटी बजाकर आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोगों के प्रति आभार प्रकट किया प्रधानमंत्री ने अपने सम्बोधन में डॉक्टर नर्स हास्पिटल स्टाफ सफाईकमियों एयरलाइन्स के कर्मचारियों सरकारी कर्मचारियों पुलिसकमियों मीडियाकर्मियों रेलवे बस ऑटो रिक्शा जैसी आवश्यक सेवाओं से जुडे लोगों का आभार व्यक्त करने का आहवान किया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने काम के सिलसिले में अन्य शहरों में रहने वाले लोगों से कहा है कि वे जहां हैं वहीं रहें उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन महामारी की घबराहट में रेलगाड़ी या बस से गृह नगर लौटने का प्रयास न करें उन्होंने कहा कि ऐसा करके वे न केवल अपने बल्कि अपने परिवार के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं भारतीय रेल ने आज आधी रात से इकत्तीस मार्च तक सभी यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन स्थगित कर दिया है देश में कोविड नाइन्टीन के फैलाव को रोकने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज इसकी घोषणा की

देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मालगाड़ियों की सेवा जारी रहेगी रेल मंत्रालय ने रेलगाड़ियां रद्द होने से इक्कीस जून तक अपने टिकट रद्द कराने वाले यात्रियों को पूरी धनराशि वापस करने का भी प्रस्ताव किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कमी नहीं होने दी जाएगी श्री योगी ने कहा कि वस्तुओं की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी गोरखनाथ मंदिर से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए समी एहतियाती उपाय कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कोविड नाइन्टीन की जांच और इलाज निःश्ल्क उपलब्ध कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं श्री योगी ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बना हुआ है ऐसे में लोग रात नौ बजे के बाद भी घरों के भीतर ही रहें और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करें